देश आज अपना बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य आयोजन लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया जायेगा इस अवसर पर भव्य परेड और विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केन्द्र होगी राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जायेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहततरवे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आजादी तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर हम सभी को सौहार्द शांति तथा भाईचारा कायम करने के लिए प्रेरित करता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई विविताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं परन्तु हमारे राष्ट्रीय त्यौहारों को हमारे देशवासी राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ मनाते हैं गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा अपने संविधान के प्रति सम्मान व आस्था प्रकट करते है राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कृछ समय से लम्बित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है खाद्य सुरक्षा सैन्य सुरक्षा आपदाओं और बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों से शक्ति दी है अंतरिक से लेकर खेत खलिहानों तथा शिक्षण संस्थाओं से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है दिनरात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके बहुत कम समय में वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिये एक नया इतिहास रचा है श्री कोविंद ने कहा कि महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है श्री कोविंद ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोगों के जीवन को खतरे में डाले बिना अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे हासिल किया है प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में आदतों में बदलाव कर स्वच्छता जैसे अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई प्यारे बच्चो आपने जो काम किया है आपको जो पुरस्कार मिला है वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है इतनी कम उम्र में भी आपके काम हैरान कर देने वाले हैं कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रौशन कर रहा है कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है आपमें से ही कल देश के खिलाड़ी देश के वैज्ञानिक देश के नेता देश के बड़े बड़े सीओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि बात चाहे छोटी सी हो लेकिन यदि सही तरीके से उस पर अमल किया जाए तो इसके परिणाम प्रभावशाली होते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को कर्म पर विश्वास रखने को कहा क्योंकि जीवन में विचार और काम के बीच परस्पर सम्बन्ध है और लोगों को और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है श भ केन्द्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पदम पुरस्कारों की घोषणा की है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिन्जो आबे मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान वहीदुद्दीन सहित सात व्यक्तियों को पदम विभूषण से सम्मानित किया जायेगा लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पार्श्व गायिका के एसचित्रा सहित दस व्यक्तियों को पद्मभूषण के लिए चुना गया है और एक सौ दो लोगों को पदमश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पदम प्रस्कार विजेताओं को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और मानवता के प्रति उनके योगदान का सम्मान करता है इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल नौ सौ छियालिस पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है इनमें दो सौ सात पुलिसकर्मियों को वीरता और सात सौ उन्तालिस को सेवा पदक प्रदान किया जाएगा वीरता पुरस्कार पाने वालों में केन्द्रीय रिजर्व प्रलिस बल के अड़सठ जम्मू कश्मीर प्रलिस के बावन सीमा सुरक्षा बल के बीस दिल्ली पुलिस के सत्रह महाराष्ट्र के तेरह और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के आठ आठ सुरक्षाकर्मी शामिल हैं इनके अलावा अन्य राज्यों केंद्रशासित प्रदेश तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी हैं

इस दौरान उन्होंने नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में प्रतिभाग भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाईयों तक ले जाने के लिये लगातार योजना बनाने के साथ उसे क्रियान्वित भी कर रही हैं श्री योगी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद को एक नई पहचान दी हैं उन्होंने कहा कि नोएडा हाट में लगाई गई प्रदर्शनी में सभी जनपदों के उत्पादों के स्टॉल लगाये गये हैं जहां परम्परागत उद्यम से जुड़े हस्तशित्पियों और कारीगरों को एक मंच मिलने के साथ साथ उन्हें केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का आधार भी मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट पर तेजी से कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक गांव और शहर में व्यापक स्तर पर साफ सफाई के कार्य किये जायें मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने शीतलहर को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों में रैन बसेरों के संचालन तथा अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भी कहा उन्होंने जरूरत मंदों को कम्बल वितरित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयां भारत पर्व आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं यह कार्यक्रम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा प्रसार भारती ने अपना वर्चअल केन्द्र बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों को प्रदर्शित करेगा